नवाचार और स्टार्ट अप पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कारोबारियों का खुले दिल से स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री आज बैंकॉक में आदित्य बिरला समूह के पचास वर्ष पूरे होने पर समारोह में बोल रहे थे श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कारोबार को सुगम बनाने संबंधी विश्व बैंक की अपनी रैंकिंग में सुधार किया है उन्होंने कहा कि भारत अब दो हजार चौबीस तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का संपना साकार करने की दिशा में काम कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति उसके हिन्द प्रशांत सागर क्षेत्र दु ष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है

मैं भारत और आसियान के बीच इंडियो पैसिफिक आउटलूक के आपसी समन्वय का स्वागत करता हं भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी हमारे इंडो पैसिफिक रिजन का एक महत्वपूर्ण भाग है आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पालिसी का मर्म है और सदैव रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि समन्वित संगठित और आर्थिक रूप से विकसित आसियान भारत के ब्रनियादी हित भें है श्री मोदी ने कहा कि संपर्क का विस्तार और भारत आसियान एकीकरण एक्ट ईस्ट नीति की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं हम और मजबूत सर्फेस मैरीटाइन और एयरक्रैक्टिविटी तथा डिजिटल लिंक के माध्यम से अपनी साझेदारी को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है

हमारा इरादा अध्ययन अनुसंधान व्यापार और दूरिज्य के लिए लोगों के आवागमन को बहुत बढ़ाने का है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कृषि विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में भागीदारी के लिए तैयार है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आसियान शिखर बैठक के अवसर पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयूत चान ओ चान और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो के साथ द्विपक्षीय बैठके कीं बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बढते संपर्क को देखते हुए दोनों पक्ष रक्षा उद्योग क्षेत्र में सहयोग के अवसर तलाशने पर सहमत हुए प्रधानमंत्री ने वास्तविक और डिजिटल संपर्क के क्षेत्रों सहित दोनों देशों के बीच संपर्क बढाने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की दोनों नेताओं ने भारत और थाईलैंड के बीच बढ़ते विमान संपर्क तथा बैंकॉक और गुवाहाटी के बीच सीधी उड़ान तथा थाईलैंड की रेनोंग बंदरगाह और कोलकाता चेन्नई तथा विशाखापट्नम बंदरगाहों के बीच सहयोग संबंधी समझौतों को अंतिम रूप देने का भी स्वागत किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की तरह ही विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें राष्ट्रपति ने आज गांगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के पांचवे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए संस्थाओं से अपील की कि वे छात्रों को कुछ समय के लिए गांव में भेजे ताकि सामान्य जन की स्थिति बेहतर बन सके श्री कोविंद ने विद्यार्थियों से कहा कि वे गांव वालों के साथ मिलकर स्वच्छता स्वास्थ्य टीकाकरण शिक्षा और पौष्टिक आहार की वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कार्य करें

हरदोई जिले का आकस्मिक निरीक्षण कर कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद आज श्री सिंह संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि पुलिस बल को निर्देशित किया गया है कि वह जनता से सम्पर्क बनाए रखे और किसी को भी कानून अपने हाथ में न लेने दे अवांछनीय तत्वो के विरूद्ध नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर के असामाजिक तत्वों को निरूद्ध करने का भी पुलिस को निर्देश दिया गया है सूर्योपासना का महापर्व छठ आज उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही सम्पन्न हो गया व्रती श्रद्धालुओं ने अर्घ्य देने के बाद लोगों में प्रसाद वितरित किए और अपना व्रत पूर्ण किया

छठ पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में विशे ा रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों में भारी उत्साह रहा आज तड़के भारी संख्या में श्रद्वालु नदियों सरोवरो और छठ पर्व के लिए बनाए गये अस्थायी पोखरो के किनारे उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्र थे